वार्ता सकारात्मक माहौल में हुई और सार्थक रही दोनों नेताओं ने तमिलनाडु के मामल्लपुरम में आज दूसरे दिन भी अनौपचारिक वार्ता की उन्होंने होटल ताज फिशरमैन्स कोव में लगभग एक घंटे तक अकेले में विमिन्न मुद्दों पर चर्चा की इसके बाद दोनों के बीच शिष्टमंडल स्तर की वार्ता हुई इसमें विदेश मंत्री एस जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल भी उपस्थित थे प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वुहान शिखर बैठक से दोनों देशों के संबंधों में नई गति आई और विश्वास पैदा हुआ है अब तक हमारे बीच ट्विपक्षीय और वैश्विक मुद्दों पर महत्वपूर्ण विचार विनिमय हुआ है वुहान स्प्रिट ने हमारे संबंधों को एक नया मोमेन्टम और ट्रस्ट दिया है आज के हमारे चेन्नई कनेक्ट से दोनों देशों के बीच सहयोग का एक नया दौर शुरू होगा वुहान बैठक के नतीजों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच कूटनीतिक संपर्क बढ़ा है प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और चीन प्राचीन काल से विश्व की बड़ी आर्थिक शक्तियां रही हैं भारत और चीन दुनिया की प्रमुख आर्थिक शक्तियां रही है

पिछले वर्ष वुहान में हमने तय किया था कि हम मतमेद को प्रोवेडेडली मैनेज करेंगे और डिस्पूट नहीं बनने देंगे एक दूसरे के कंसर्न के बारे में सेनसिटिव रहेंगे और हमारे संबंध विश्व में शांति और स्थिरता के कारक होंगे वार्ता के पहले दिन कल दोनों नेताओं के बीच सौहार्दपूर्ण वातावरण में सांस्कृतिक कार्यक्रम तथा रात्रिभोज के बीच शोर मंदिर परिसर में बैठक हुई जो बहुत सार्थक रही यह बैठक निर्धारित समय से अधिक चली राष्ट्रपति चिनपिंग ने बातचीत के दौरान कहा कि भारत और चीन दोनों ही विशाल तथा जटिल देश होने के कारण आतंकवाद और कट्टरवाद का सामना कर रहे हैं उन्होंने राष्ट्रीय अक्यारणाओं और प्रशासनिक प्राथमिकताओं पर चर्चा की दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय व्यापार तथा निवेश को और आगे बढ़ाने के तरीके तलाशने पर सहमति व्यक्त की

जम्मू कश्मीर सरकार के प्रवक्ता रोहित कंसल ने आज श्रीनगर में यह जानकारी दी राज्य में पाबंदियां हटाने की दिशा में यह एक बड़ा कदम है पांच अगस्त को संविधान के अनुच्छेद तीन सौ सत्तर के प्रावधानों को हटाने के केन्द्र सरकार के फैसले के बाद से जम्मू कश्मीर में मोबाइल फोन सेवाएं बंद कर दी गई थीं केन्द्र सरकार द्वारा कश्मीर घाटी को पर्यटकों के लिए खोले जाने का परामर्श जारी करने के कुछ ही दिन बाद मोबाइल फोन के बारे में यह फैसला लिया गया घाटी में सत्रह अगस्त से कुछ टेलीफोन लाइनों से प्रतिबंध हटाए गए थे और चार सितम्बर से सभी लैंडलाइन फोन सेवा काम कर रही है जम्मू में प्रतिब्यों के कुछ दिन बाद ही संचार व्यवस्था बहाल कर दी गयी थी और अगस्त के मध्य में वहां मोबाइल इंटरनेट सेवा भी फिर से शुरू हो गयी थी लेकिन उसके गलत इस्तेमाल के कारण अट्ठारह अगस्त को सेलुलर फोनों की इंटरनेट सेवा रोक दी गयी थीं

उन्होंने कहा कि सरकार पारदर्शी ढंग से लोगों तक सूचनाएं ऑनलाइन उपलब्ध करा रही है

उन्होंने कहा कि सूचना के अधिकार से लोगों में प्रशासन के प्रति विश्वास पैदा हुआ है उन्होंने कहा कि भारत ने सूचना तंत्र को पूरी तरह मजबूत बनाने में सफलता पाई है हमारी लोकतंत्र की यात्रा के अंदर आरटीआई ऐक्ट ए एक बहुत बड़ा मील का पत्थर है और हमारी निरंतर चलने वाली लोकतांत्रिक यात्रा का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है

सूचना और प्रसारण सचिव अमित खरे ने कहा है कि ऑनलाइन पाठ्य सामग्री के विनियमन के मुद्दे पर गम्भीरता बरती जानी चाहिए उन्होंने कहा कि इंटरनेट पर प्रस्तुत पाठ्य सामग्री को तैयार करने में नियम स्व विनियमन और विनियमन के अन्य तरीके होने चाहिए जिन्हें व्यापक स्वीकृति मिले तथा लागू किया जा सके वे कल मुम्बई में फिल्म प्रमाणन और विनियमन से संबंधित ऑनलाइन पाठ्यक्रम विषय पर आयोजित दो दिन की गोष्ठी के समापन सत्र को सम्बोधित कर रहे थे संत कबीर नगर जिले के घनघटा क्षेत्र में आज सुबह घाघरा नदी में नाव डूबने से चार महिलाएं लापता हैं पुलिस सूत्रों ने बताया कि नाव में दस महिलाओं सहित अट्ठारह लोग सवार थे चौदह लोगों को बचा लिया गया है जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस अधिकारी घटना स्थल पर पहुंच गए हैं बचाव और तलाश अभियान जारी है